प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नया भारत बनाने के लिए सरकार देश में प्रानी सभ्यता को आध्निक समाज और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थवयवसथा में बदलने के मिशन पर काम कर रही है नई दिल्ली में द्सरे भारत कोरिया व्यापार समुमेलन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार कारोबार का स्थिर माहौल बनाने निर्णय लेने में मध्यस्थों की भूमिका को खत्म करने पर काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि देश में प्राने नियमों को बदलने और लाइसेंसो को हटाने का अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खरीद के मामले में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन च्का है जल्दी ही वह सकल घरेल् उत्पाद के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन जाएगा श्री मोदी ने कहा कि कुछ ही देश ऐसे है जहां लोगों के पास अर्थव्यवस्था के तीन महतवपूर्ण कारक लोकतंत्रजनसांख्यिकी और मांग एक साथ हैं और भारत के पास ये तीनों चीजें हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और कोरिया की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग की उम्मीद है ऊर्जा स्मार्टसिटी जहाजरानी और रेलवे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सकता है केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री पी अशोक अरोड़ गजपति राजू ने आज चंडीगढ़ के प्राने हवाई अड्डा भवन में अपनी किसम के पहले बह कौशल विकास केन्द का उदघाटन किया इस अवसर पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेल और आनंदप्र साहिब के सांसद प्रेम सिंह चंद्माजरा भी मौजूद रहे ये केन्द्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहल है जो कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और भारतीय प्लाड और विमानन बाज़ी क्षेत्र हनर परिषद के सहयोग से किया गया है अपने सम्बोधन में श्री गजपति राजू ने कहा कि कौशल विकास नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि देश में ऐसे और विमानन कौशल विकास केन्द्र खोले जाने की उम्मीद है केन्द्रीयमंत्री ने कहा कि जिस तरह देश में हवाई यात्रा और माल भाड़े में वृद्वि हो रही है इसलिए हवाई सम्पर्क बढ़ाया जा रहा है

ये प्स्तक अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में प्रकाशित की गई है श्रीमति ईरानी ने कहा कि ये प्स्तक सरकार की योजनाओं और विभिन्न विभागों की उपलब्धियों पर लिखी प्रमाणित एवं विस्तृत जानकारियों पर आधारित है उन्होंने कहा कि इन किताबों में राजयों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मुलभुत जानकारी भी मिलती है श्रीमती ईरानी ने इस बात को भी सराहना की कि इन किताबों के ई संस्करण भी उपलब्ध करवाए गए है उन्होंने कहा कि ये प्स्तक मुख्य रूप से शोधकर्ताओं और विदयार्थियों के लिए सहायक सिदव होंगी उन्होंने प्रकाशन विभाग को उनके प्रयासों के लिए भी दी

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की नई योजना पोंड अथॉरिटी आफ हरियाणा की श्रूआत इंद्री ब्लॉक से पायलट परियोजना के तौर पर करने की घोषणा की है इस योजना के तहत तालाबों का पानी बदलने तालाबों की ख्दाई व मुरम्मत का कार्य करवाया जाएगा तथा टयूबवैल संचालन के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था का कार्य करवाया जाएगा मुख्यमंत्री करनाल जिले की इंद्री अनाज मंडी में खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री कर्ण देव काम्बोज की ओर से आयोजित विशाल जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे

हरियाणा के जिला सोनीपत को भ्र्ण हत्या रोकने और लिंग निर्धारण सम्बधी कानून को प्रभावी ांग से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तीसरी वर्षगांठ पर सम्मानित किया जाएगा ये सम्मान जिला सोनीपत के उपाय्क्त के मकरंद पांड्रंग को इस सम्बध में राजस्थान के झूंझन् में आठ मार्च को आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के उप सचिव अशोक क्मार यादव ने उपायुक्त को पत्रलिखकर ये जानकारी दी है

सोनीपत जिले में इस वर्ष के जनवरी माह के समय लिंगान्पात बराबर दर्ज किया गया है उपायुक्त ने इस उपलब्धि को श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिया है द्बई प्लिस ने आज अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को सौंपन सम्बधी दस्तावेज भारतीय द्तावास और उनके परिजनों को हसतांतरित कर दिए है द्बई में भारतीय कोंसल जनरल श्री विप्ल ने आकाशवाणी को बताया कि दस्तावेज सौंप दिए गए है ताकि श्रीदेवी का परिवार और द्रतावास उनके पार्थिव शरीर को संलेपित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके श्री देवी के पार्थिव शरीर को आज मुम्बई लाए जाने की संभावना है

प्लिस विशेष जांच दल के प्रमुख ए सी पी मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि आरोपी का नाम गुरलीन है और उसे सिरसा से गिरफ्तार किया गया है

काबिलेगौर है कि हरियाणा प्लिस ने ग्रलीन पर पचास हजार का इनाम रखा हुआ था जिसका पोस्टर हरियाणा के वेब पोर्टल हर समय पर भी अपलोड है इस ए सी पी मुकेश मल्होत्रा का दावा है कि ग्रलीन की गिरफ्तारी से इस मामले में नई राज़ो से पर्दा उठेगा